अब तक राज्य में तिरसठ हजार बत्तीस लोगों का हो चुका है टीकाकरण

बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

महागठबंधन की ओर से इन दोनों सीटों के लिये किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं भरा था शाहनवाज हुसैन भाजपा नेता विनोद नारायण झा द्वारा खाली की गई सीट के लिए जबकि मुकेश सहनी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की खाली सीट के लिए निर्वाचित हुए हैं सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिये जबकि विनोद नारायण झा विधानसभा के लिए चुने गए हैं विकास शील इंसान पार्टी का विधान परिषद् में खाता खुल गया है पार्टी के विधान सभा में चार सदस्य हैं केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड़ एक लाख से अधिक आवास को मंजूरी दी है इनमें से इकतालीस लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि सत्तर लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की वावनवीं बैठक में एक लाख अड़सठ हजार छह सौ छह नये आवास को मंजूरी दी गई है इस बैठक में चौदह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव द्र्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने का निर्देश दिया प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत आज दो सौ छियानवे टीकाकरण केन्द्रों पर पन्द्रह हजार पांच सौ बानवे स्वास्थ्यकर्मियों को टीके दिये गये यह लक्ष्य का चौवन दशमलव छह प्रतिशत है अब तक राज्य में तिरसठ हजार बत्तीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और पचास वर्ष से ऊपर या किसी बीमारी से ग्रसित पचास वर्ष से कम आयु वाले लोगों को बाद में टीके लगाये जायेंगे श्री पांडेय ने कहा है कि अगले महीने से पचास वर्ष से अधिक की आयु के लोगों का पंजीकरण शुरू होगा और मार्च से उनका टीकाकरण किया जाएगा इस आयु वर्ग के दो करोड़ लोग पंजीकृत होंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी समाप्त हो जायेगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में अब तक आठ लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दो स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है वरिष्ठ चिकित्सक और आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में दिये जा रहे कोविड के दोनों टीके अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीके की दो खुराक दी जायेगी जिन लोगों को टीके दिये जायेंगे उन्हें भी अगले छह सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख अड़सठ हजार चार सौ उनचास हो गयी आज सबसे अधिक तिहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं आठ जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है

वर्तमान में संक्रमण की दर घटकर शून्य दशमलव दो प्रतिशत रह गयी है पिछले एक सप्ताह से राज्य में शून्य दशमलव एक प्रतिशत से शून्य दशमलव चार प्रतिशत के बीच संक्रमण दर दर्ज किया गया है वहीं एक सप्ताह से कई जिलों से एक भी पॉजिटिव मामले दर्ज नहीं किये गये हैं राज्य में अब तक लगभग दो करोड़ दो लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि एक फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन होगा उन्होंने बताया कि प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही सूची में नये नाम जोड़ने और दावा आपत्तियों के निराकरण का काम भी जारी रहेगा श्री योगेन्द्र राम ने कहा कि आयोग स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से पंचायत चूनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है

कोरोना काल में बिहार विधान सभा चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए बिहार का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यह समन्वित प्रयासों का नतीजा है

इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर दो सौ मीटर से पचास मीटर के बीच बने रहने की आशंका है हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि तेईस जनवरी के बाद से तापमान में बढ़ोतरी होगी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड समेत छह अन्य फोटो पहचान के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति दी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ड्राईविंग लाईसेंस वोटर आई कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट और फोटोयुक्त बैंक पासब्रक भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे हालांकि छात्रों को अपने विद्यालय प्रधान से लेटर हेड पर फोटो और अन्य विवरण सत्यापित करवाने होंगे और उन्हें इसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र पर लानी होगी उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र का प्रवेश पत्र भूलवश घर में छूट जाता है तो परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध उपस्थिति पत्र में लगे फोटो से छात्र की पहचान कर उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी

समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बुधमा स्टेशन पर इसकी विधिवत शुरूआत की

श्री माहेश्वरी ने कहा कि इसपर लगभग सत्तर करोड़ रुपये लागत आयेगी उन्होंने बताया कि सरायगढ़ से दरभंगा के बीच काम अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों स्टेशनों के बीच रेल सेवा शुरू हो जायेगी गुजरात के पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी वहीं जयनगर से भागलपुर के बीच पच्चीस जनवरी से स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा

पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार ने केसीसी लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र में हुई सड़क द्र्घटना में चार महिलाओं की मौत हो गयी प्रलिस के अनुसार लखवारा गांव के पास ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ

मौके से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है शेखप्ररा जिले के शेखोप्रसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपूर गांव से पुलिस ने हत्या और साइबर ठगी के चार अरोपियों को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में अपराधियों ने एक वार्ड पंच की गोली मारकर हत्या कर दी

अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन सिंह टोला में पुलिस ने एक शराब भट्ठी को नष्ट कर दिया

अब तक राज्य में तिरसठ हजार बत्तीस लोगों का हो चुका है टीकाकरण